चिम्पू में कल एवरेस्ट सब्मीटर किशोन तेकसेंग और ताका तामुत सहित राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंद्व खेल के दस सदस्यी दल को हरी झंडी दिखाने के समारोह पर अपने संबोधन ने उन्होंने यह बात कही श्री चाई ने इस दौरान कहा की युवाओं को सक्रिय कर सकारात्मक योगदान में शामिल कराना सरकार का कर्तव्य है गौरतलब है कि पिछले चौबीस मई को तेकसेंग और तामुत ने बगैर सेरपा के मदद से और बिना प्रक ऑक्सीजन के कैंप फोर तक एवारेस्ट की चढ़ाई की हरी झंडी समारोह में पर्वतारोही मूरी लिंग्गी तोंगचेन निमसोंगा दोरजी खांडू एन आई एम ए एस दल सहित एन आई एम ए एस निदेशक कर्नल सरफ्राज सिंगा कार्यक्रम में उपस्थित थे अखिल अरुणाचल छात्र संघ आपसू के अध्यक्ष हवा बगाड़ ने कहा कि राज्य में इंडिजिनियश लोग चाकमा और हाजोंग को नागरिकता प्रदान करने के किसी भी गतिविधि को स्वीकार नही करेंगे चांगलांग जिले के दियुन में रविवार को छात्र संघ और चाकमा हाजोंग शरणार्थियों के बीच हुए एक बैठक में श्री बागांड ने यह बात कही वर्तमान में जमीनी सच्चाई और इंडिजिनियश लोगों और शरणार्थियों के विचारों को जानने के लिए आपसू दल चकमा हाजोंग प्रभावित पूर्वी अरुणाचल में पांच दिन के दौरे पर है छात्र संघ ने कहा कि अवैध प्रवासियों को राज्य छोड़ना होगा अरुणाचल चकमा हाजोंग नागरिकता अधिकार समिति के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे देश के नागरिक बनकर रहना चाहते है समिति वर्ष उन्नीस सौ चौंसठ उन्नीस सौ उनहत्तर में आए शरणार्थियों और अन्य अवैध प्रवासियों की पहचान कराने में सहयोग करेंगे तिराप जिला उपायुक्त पी एन थ्रंगोन ने आज डी डी एस ई तिराप के स्टोर का जायजा लिया गौरतलब है कि सरकार ने हाल ही में डी डी एस ई तिराप को पाठ्य पुस्तके वितरित किये थे जिला उपायुक्त ने बोर्ड द्वारा पाठ्य पुस्तकों को स्वीकार करने का सुझाव देते हुए इसे जल्द जिले के हर स्कूलों तक पहुचाने की हिदायत दी एक छोटे से साक्षात्कार में उन्होंने बड़े ही स्पष्ट रुप से कहा कि छात्रों को पाठ्य पुस्तक मुहैय्या किया जाएगा और किताबों को मिलने में देरी या कमी होने पर अभिभावकों से मामले की जल्द रिपोर्ट कराने की अपील की आगे उन्होंने डी डी एस ई से पाठ्य पुस्तकों की कमी को सुचित करने का निर्देश दिया ताकि इस पर जल्द कार्यवाही हो सके बाद में जिला उपायुक्त ने सरकारी टाऊन अपर प्राथमिक विद्यालय खोंसा की छात्रों शिक्षको और स्कूल का भी निरिक्षण किया शिक्षको से बातचीत के दौरान उन्होंने कड़े शब्दों में शिक्षकों से अपनी कर्तव्य व जिम्मेदारी निभाने की हिदायत दी असम के पश्चिम कारबी आंगलोंग जिला स्थित दोकमोका में आठ जून को भीड़ द्वारा दो असमिया युवको की हत्या पर शोक जताते हुए ईटानगर स्थित इंदिरा गांधी पार्क में कल शाम केंडल लाईट रैली निकाली गई कार्यक्रम को ईटानगर स्थित ऑल कृष्टी केंद्र ऑल राजधानी क्षेत्र असमिया युवा कल्याण संगठन ने मिलकर आयोजित किया था संगठनो ने संयुक्त रुप से असम सरकार से इस मामले को फास्ट ट्रैक कराने और भीड़ द्वारा हत्या किए जाने के खिलाफ कानून बनाने की मांग की

नई दिल्ली में कल नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने केंद्र और राज्य स्तर पर एक साथ चुनाव कराने का मुद्दा उठाया उन्होंने इस प्रस्ताव के कई फायदे गिनाए बैठक के बाद संवादाताओं को जानकारी देते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकि किया कि देश में लगातार चुनाव होते रहते है और उन्होंने सभी चुनावी के लिए समान मतदाता सूची का सुझाव दिया केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि वर्ष दो हजार सत्रह अट्ठारह की चौथी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर सात दशमलव सात सात प्रतिशत रहने से सिद्ध हो गया है कि भारत विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से है

असम राइफल्स के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि कल तीसरे पहर लगभग तीन बजे अबोई के निकट सशस्त्र उग्रवादियों ने असम राइफल्स के दल पर घात लगातार हमला किया जिसमें हवलदार फतेह सिंह नेगी और सिपाही हुंगंगा कोन्याक शहीद हो गए